एक निजी चैनल द्वारा शिमला में आयोजित शाईनिंग हिमाचल संवाद सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक विकास के मामले में पीछे रहे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

चालीस प्रतिशत राशि राज्य सरकारें उपलब्ध करायेंगी

संज्ञान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिव्यांग विद्यार्थियों की शिकायत पर प्रदेश विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से दो दिन में रिपोर्ट तलब की है

जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हल्का हिमपात हो रहा है इससे तापमान में गिरावट आने से कड़ाके की ठंड का दौर जारी है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने नगर निगम शिमला में महापौर बनाए जाने से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला के शब्द हैं सत्या मेयर व शैलेंद्र बने शिमला के डिप्टी मेयर मंत्री भारद्वाज बरागटा के बीच बनाया संतुलन पंजाब केसरी का शीर्षक है मेयर की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा दैनिक जागरण ने लिखा है सत्या मेयर शैलेंद्र शिमला के डिप्टी मेयर आपका फैसला का कहना है नगर निगम शिमला में फिर से लहराया बीजेपी का परचम हिम विकास समीक्षा बैठक में ली अफसरों की क्लास शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है तय लक्ष्यों के पूरा न होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खफा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शिक्षा आईपीएच विभागों को सीएम की नसीहत पंजाब केसरी ने लिखा है कोताही बरती तो अधिकारियों व ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई पटवारी परीक्षा से जुड़ी खबर को दिव्य हिमाचल हिमाचल दस्तक और पंजाब केसरी ने लगभग एक सा शीर्षक दिया है हाईकोर्ट ने पटवारी परीक्षा से जुड़ा रिकार्ड किया तलब मौसम से जुड़ी खबर को आपका फैसला ने शीर्षक दिया है प्रचंड शीतलहर की चपेट में हिमाचल आज से बिगड़ेगा मौसम

अजीत समाचार के शब्द हैं उत्तर भारत में प्रचंड शीत लहर शिमला में नेपाली की मौत

दिल्ली से होगा नए भाजपा अध्यक्ष का ऐलान शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर दी है केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने राज्य कोर ग्रुप से लिया फीडबैक